अपने भाषण में महात्मा गांधी ने कहा था कि कर्म ही पूजा है

प्रधानमंत्री ने कहा कि जल शक्ति मंत्रालय देश में प्रत्येक घर तक जल पहुंचाने के मिशन में लगा है

उन्होंने कहा कि देश के मजदूरों किसानों युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने को लिए किसानों मजदूरों और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े सुधार किए गए हैं प्रधानमंत्री ने श्रम और कृषि क्षेत्र में सुधारों का विरोध शुरू करने पर विपक्ष की आलोचना की उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी कृषि से संबंधित वस्तुओं और उपकरणों को जलाकर किसानों का अपमान कर रहे है और ऐसे लोग नहीं चाहते कि किसान अपनी उपज खूले बाजार में बेच सकें प्रधानमंत्री ने किसानों को आश्वासन दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों के उपज बेचने में असमर्थ होने के विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने कई तरह के अनाज के न्यूनतम समर्थन मूल्य की पहले ही घोषणा कर दी है

राजस्थान हाईकोर्ट ने चुनाव कराने की समय सीमा बढ़ाने से इनकार करते हुए इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महान्ति और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश दिए

गौरतलब है कि राज्य सरकार की ओर से प्रार्थना पत्र दायर कर कहा गया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते फिलहाल चुनाव कराना संभव नहीं है

इसी के साथ पहले चरण की चुनाव प्रकिया पूरी हो गई है इन पंचायतों में कल पंच और सरपंच के चुनाव संपन्न हुए

इसी दिन प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी

पिछले कई दिनों से लगातार जयपुर और जोधपुर जिलों में सबसे ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं

संभागीय आयुक्त डॉ आरुषि मेलिक ने बताया कि अजमेर शहर सहित जिले र्के चार निजी अस्पतालों में पौने दो सौ बैड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित रहेंगे

इसका उद्देश्य हृदय रोगों और संबंधित समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक बनाना है

बैठक में सहकारिता सचिव कृंजीलाल मीणा ने कहा कि राज्य में नवम्बर में मूंग उड़द सोयाबीन और मूंगफली की खरीद के लिए केन्द्र ॅसरकार को प्रस्ताव भेजे जा रहे है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार से अनुमति मिलने पर खरीद शुरू की जाएगी

इस मामले को लेकर ँ पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव ने बताया कि राजमार्ग पर मोतली मोड भुवाली ओर शिशोंद में स्थितियां सामान्य हो चुकी है और पुलिस की ओर से हाइवे पर लगातार गश्त की जा रही है

एक ट्वीट में पत्र सूचना ब्यूरो ने इस दावे को गलत बताया है